आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि इस समागम के कई मुख्य आर्कषण है इस अवसर पर हवाई सेना की सूर्य किरण ट्कड़ी ने आसमान में तिरंगा झंडा बनाते हए प्रतिमा पर फूलों की वर्षा की

ग्जरात पंजाब आसाम और मिज़ोरम से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्त्त किए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सरदार पटेल की प्रतिमा देश को समर्पित करने के मौके पर कहा कि ये प्रतिमा विश्व को उस व्यक्ति के ब्लंद हौंसले से अवगत करवायेगी जिसने भारत को खंडित करने के प्रत्यनों को नाकाम कर दिया था प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अगर देश को एक सूत्र में नहीं पिरोया होता तो सोमनाथ और हैदराबाद में चार मीनार जाने के लिए वीज़ा की जरूरत पड़ती उन्होंने कहा कि एकता की मिसाल ये प्रतिमा देश की इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और यांत्रिकी योग्यता की सूचक है उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा उन लोगों को याद करायेगी जो भारत के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते है कि भारत एक राष्ट्र था राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा इस अवसर पर भाजपा प्रधान अमित शाह ग्जरात के राज्यपाल ओ पी कोहली और म्ख्यमंत्री विजै रूपाणी भी उपस्थित थे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है प्रे देश में विभिन्न मंत्रालयों निजी संगठनों दवारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया प्रे देश में लोगों ने एकता और अखंडता की शपथ ली और रन फार यूनिटी कार्यक्रम में भाग लिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरदार पटेल पर बनी फिल्म सरदार द्रदर्शन पर प्रसारित करेगा रेडियो और टी वी पर सरदार पटेल की जीवनी बारे कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे है इस मौके पर हरियाणा में भी विभिन्न जिलों में रन फार यूनिटी दौड़ का आयोजन हआ सिरसा में रन फार यूनिटी मैराथन दौड़ को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर जिले भर में य्वाओं में काफी उत्साह देखने को मिला भारी तादाद में जिले भर से आये य्वाओं महिलाओं बच्चों और बुजुर्गो ने दौड़ में भाग लिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटले की जयंती के अवसर पर सिरसा ने इतिहास रचा है रोहतक मे रन फार यूनिटी को सहकारिता राज्य मंत्री मनीष क्मार ग्रोवर ने रवाना किया और मौके पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई ग्रूग्राम में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर रन फार यूनिटी दौड का आयोजन किया गया इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री स्रेश प्रभ् और कैबिनेट मंत्री राम बिलास शर्मा अतिथि के तौर पर मौजूद रहे वहीं करीब पांच हजार स्कूली बच्चों ने दौड़ लगाकर देश की एका और अखंडता का संदेश दिया पंचकुला में पुलिस महानिदेशक के के मिश्रा दवारा पुलिस मुख्यालय में प्लिस अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई गई और सरदार पटेल के अमूलय योगदान के बारे बताया गया अम्बाला में रन फार यूनिटी मैराथन मे हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज हज़ारों विद्यार्थियों और भाजपा कार्यक्रताओं के साथ दौड़ इससे पूर्व श्री विज ने सरदार पटेल की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाकर उन्हें नमन किया यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम में रन फार यूनिटी दौड़ को कंवर पाल ग्र्जर ने झंडी दिखाकर रवाना किया

हिसार में भी सरदार पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए भिवानी के भीम स्टेडियम में रन फार य्निटी को विधान सभा उपाध्यक्ष संतोष यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताबदी पर उन्हें श्रदवाजंलि दी एक टवीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि सरदार पटेल ने एकता और अखंडता पर बल दिया राष्ट्रपति ने कहा कि भारत हमेशा लौह प्रूष द्वारा भारत के लिए की गई सेवाओं को याद रखेगा

साथ ही म्ख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से खारियां से भागसर लिंक रोड़ एवं खाई शेरगढ़ से जोधप्रियां तक बनने वाले लिंक रोड़ की आधारशिला रखी

आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने राज्य सरकार पर अपने चूनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा ने करने का आरोप लगाया है आज चंडीगढ़ में कए पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करे हए उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार साल केवल दस हजार लोगो को नौकरी दी गई जबकि लाखों लोगों को नौकरी देने का वायदा किया गया था उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की प्रानी पेंशन बहाल करने का वायदा भी प्रा नहीं किया गया नवीन जयहिंद ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है अपराध के मामले में देश तीसरे पायदान पर पहंच गया है